महात्मा गांधी और विक्रमशिला सेतु के समानांतर दो बड़े पुल बनेंगे

विपक्ष पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये आज बिहार में चौदह हजार दो सौ अंठावन करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली नौ राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी इन परियोजनाओं में शामिल साढ़े तीन सौ किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया जायेगा इन परियोजनाओं के अन्तर्गत उनतालीस किलोमीटर के छह लेन वाले पटना रिंग रोड़ आरा मोहनिया बख्तियारपुर रजौली और नरेनपुर पूर्णिया राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार लेन के रिंग रोड़ का निर्माण किया जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सड़कें बिहार के समग्र विकास राज्य और पड़ोसी राज्यों से बेहतर आवागमन सुविधाजनक यातायात और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड से लोगों के आवागमन और माल की ढ़लाई को भी बढ़ावा मिलेगा

इन पुलों में चार चार लेन के पटना स्थित महात्मा गांधी सेतु और भागलपुर में विक्रमशिलाा सेतु के समानांतर दो पुल शामिल हैं श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के पैकेज के अंतर्गत गंगा नदी पर सत्रह पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है

इसी तरह गंढक और कोसी नदियों पर भी पुलों का निर्माण किया जा रहा है इसी कड़ी में आज चार लेन के तीन नये पुलों का शिलान्यास हुआ है इसमें से दो पुल गंगाजी पर और एक पुल कोसी नदी पर बनने वाला है इनके बनने पर गंगाजी और कोसी नदी पर फॉर लेन के पुलों की क्षमता और बढ़ जाएगी प्रधानमंत्री ने राज्य के पैंतालीस हजार नौ सौ पैंतालीस गांवों में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के कार्यक्रम की शुरूआत की घर तक फाईबर योजना नामक इस कार्यक्रम को राज्य के कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से लागू किया जायेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि इंटरनेट सुविधा बहाल होने से बिहार के गांवों में लोगों को ई एजुकेशन ई एग्रीकल्चर टेली मेडिसिन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मात्र एक बटन दबाने पर मिल सकेंगा प्रधानमंत्री ने लोगों से कोरोना वायरस से लड़ाई में अपनी सुरक्षा को कम न करने और इसकी रोकथाम के लिए किए गए उपायों का पालन करने की अपील की है बाईट इस साल कोरोना संक्रमण के दौरान भी रवी सीजन में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई

यानी कोरोना काल में न सिर्फ रिकॉर्ड सरकारी खरीद हुई बल्कि किसानों को रिकॉर्ड भुगतान भी किया गया है प्रधानमंत्री ने कृषि विधेयक के संसद में पारित होने की सराहना की है उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी उन्होंने कहा कि कई दशकों से देश के किसान बिचौलियों से त्रस्त थे

श्री मोदी ने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता रहेगा और सरकारी स्तर पर कृषि उत्पादों की खरीद होती रहेगी उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से किसानों का बड़े स्तर पर सशक्तिकरण होगा बाईट इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की इन सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे हुए थे मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुये केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत नेट के अंतर्गत तेज रफ्तार ब्रॉडबैंड के साथ बिहार के सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ दिया गया है उन्होंने कहा कि अगले चरण में ग्राम पंचायतों को गांवों को भी इंटरनेट सेवा से जल्द ही जोड़ा जाएगा श्री प्रसाद ने कहा कि अब गांवों में भी फोर जी सेवा और वाईफाई सेवा उपलब्ध होगी बाईट देश के सभी छह लाख ग्राम पंचायतों में हम फाइबर के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाएगे ब्रॉडबैंड पहुंचाएंगे और आज ये मेरे लिए बहुत परम सौमाग्य की बात है कि उसका आरंभ बिहार से हो रहा है

ये पूरी योजना आने वाले लगभग छह महीने में पूरी की जाएगी वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि सुधार विधेयक के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है श्री कुमार ने कहा कि यह विधेयक किसानों के लिए कल्याणकारी है और इसके लागू होने के बाद किसानों की आय में वृद्धि होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि बिचौलियों के निहित स्वार्थों को समाप्त किया जाएगा और किसान उनके चंगुल से मुक्त होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का दल विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द बिहार का दौरा करेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आज एक वेबीनार को संबोधित करते हुये कहा कि अगले दो या तीन दिनों में इस संबंध में फैसला हो जायेगा श्री अरोड़ा ने कहा कि कोविड उन्नीस महामारी के मद्देनजर सात करोड़ उन्तीस लाख से अधिक मतदाता वाले इस राज्य में चूनाव कराना एक बड़ी चुनौती है उन्होंने कहा कि सुरक्षित रूप से चुनाव कराने के लिए सभी सावधानिओं और मानकों का पालन किया जा रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सुरक्षित दूरी का पालन करने के लिए प्रत्येक मतदान सेंटर पर वोटरों की संख्या पन्द्रह सौ से घटा कर एक हजार कर दी गयी है जिसके चलते पोलिंग ब्रथों की संख्या पैंसठ हजार से बढ़कर एक लाख हो गयी है जिसके चलते विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर चुनाव कर्मियों और अन्य साधनों की आवश्यकता होगी प्रदेश के विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमण के एक हजार तीन सौ चौदह नये मामलों की पूष्टि हई है इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर लगभग एक लाख सत्तर हजार हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में संक्रमण के सबसे अधिक दो सौ साठ मामले पटना जिले में सामने आये है विभाग के अनुसार अब तक राज्य में लगभग एक लाख छप्पन हजार कोविड मरीज ठीक हो चुके हैं राज्य में स्वस्थ होने की दर इक्यानवे दश्मालव सात चार प्रतिशत हो गयी है अभी तेरह हजार छह सौ इकसठ लोगों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है महामारी से राज्य में अब तक आठ सौ सत्तर लोगों की मौत हुई हैं देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर अस्सी दशमलव एक दो प्रतिशत हो गयी है देशभर में अब तक कुल तैंतालीस लाख छियानवे हजार तीन सौ निन्यानवे मरीज स्वस्थ हो चूके है दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम के सेन ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि लोगों को मास्क पहनते हुए सावधानी बरतनी चाहिए और इसे उचित तरीके से पहनना चाहिए

अगर हम कई दफा ये देखते है कि मास्क आधा अधूरा रह जाता है या तो मास्क से सांस लेने के लिए नाक को खुला छोड़ दिया जाता है या मुंह में मतलब ठोडी के नीचे लगा दिया जाता है मास्क ये गलत तरीका है और मास्क एक बार गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो उपयोग करना बंद कर दें डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक दें अगर वो कपड़े का है तो उसे धोकर सुखाकर दोबारा इस्तेमाल करें और जब तक के लिए एक दूसरा मास्क आपके पास होना आवश्यक है भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी और बिहार के पूर्व सूचना आयुक्त अरूण कुमार वर्मा का आज पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया वे सड़सठ वर्ष के थे वे द्रदर्शन समाचार पटना और पत्र सूचना कार्यालय पटना के निदेशक भी रहे इसके अलावा उन्होंने आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश में भी उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दी श्री वर्मा के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मंत्री प्रेम कुमार नंदकिशोर यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है वैशाली जिले के गंगाब्रिज थाना अन्तर्गत सहदुल्लापुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से मोटरसाईकिल सवार अपराधियों ने आज दिन दहाड़े उन्नीस लाख रुपए लूट लिये बताया जाता है कि चार की संख्या में आये अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया प्रलिस मामले की छानबीन कर रही हैं प्रदेश के दस शहरों के दो सौ अठहत्तर परीक्षा केंद्रों पर कल बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है दरभंगा हवाई अड्डे से दिल्ली मुम्बई और बेंगलुरू के लिए आठ नवम्बर से हवाई सेवा शुरू होगी उड़ान योजना के तहत विमानों की आवाजाही इस हवाई अड्डे से शुरू होने जा रही है निजी विमानन कम्पनी स्पाईस जेट ने कल रात से टिकट की ब्रकिंग शुरू कर दी है प्रदेश के पूर्वी इलाकों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अररिया पूर्णियां मधेपुरा और किशनगंज जिले में चालीस मिलीमीटर से पचास मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गयी है वहीं पटना जमूई शेखपुरा और आस पास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हुई है केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया के तहत पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित बरौनी रिफाईनरी के एटीएफ हाईड्रो ट्रीटमेंट यूनिट के रिएक्टर को आज स्थापित कर दिया गया इससे रिफाईनरी के विमान ईंधन उत्पादन की क्षमता बढ़ जायेगी कटिहार जिले में एसबीआई के मुख्य शाखा कटिहार बाजार शाखा और दुर्गा स्थान शाखा में कार्यरत सत्रह बैंककर्मी कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं

भागलपुर जिले के भवानीपुर सहायक थाना परिसर में शराब पीने के आरोप में दो एएसआई सुभाष यादव और परमहंस सिंह को निलंबित कर दिया गया है इन दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जायेगी बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने अधिवक्ता किशोर कुणाल पांडेय की गोली मारकर हत्या कर दी अधिवक्ता बक्सर व्यावहार न्यायालय जा रहे थे गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से एक सौ पचहत्तर कार्टन विदेशी शराब जब्त की है इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है पश्चिम चंपारण जिले के बगहा नगर थाना क्षेत्र से दो अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है इन अपराधियों के खिलाफ बगहा नगर थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं

महात्मा गांधी और विक्रमशिला सेतु के समानांतर दो बड़े पुल बनेंगे

विपक्ष पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया